कर्नाटक कनार्टक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी को एक दिन की मोहलत और मिल गई है क्योंकि आज विधानसभा में विश्वास मत पर मतदान नहीं हो पाया विश्वास मत पर चर्चा के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाई कल तक के लिये स्थगित कर दी सदस्यों की संख्या को देखते हुये कांग्रेस और जनतादल सेक्यूलर सरकार का जाना तय माना जा रहा है इसके पहले राज्यपाल वजूभाई वाला ने भाजपा के ज्ञापन पर निर्णय लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि विश्वास मत पर मतदान आज ही करा लिया जाए भाजपा ने राज्यपाल वजूभाई वाला को ज्ञापन सौंपकर अनुरोध किया था कि अध्यक्ष को विश्वास मत पर चर्चा जारी रखने और किसी अन्य मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं देने का निर्देश जारी करे भाजपा नेता सी टी रवि ने आशंका व्यक्त की थी कि विश्वास मत पर मतदान आज नहीं हो पाएगा क्योंकि गठबंधन के घटक दलों ने इसमें देरी करने की योजना बनाई है हालांकि सत्तापक्ष का कहना है कि राज्यपाल को इस तरह का निर्देश देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है यह नियमों के खिलाफ है और सदन की कार्यवाई में हस्तक्षेप है

इस विधेयक का उद्देश्य बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा को और सख्त बनाना है जिसमें मृत्युदंड भी शामिल होगा विधेयक में बाल अश्लील फिल्मों पर रोक लगाने के लिए जुर्माना और कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है इसके पारित होने पर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी विधेयक को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पटल पर रखा राज्यसभा जाधव भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले को देखते हुए कुलभूषण जाधव को रिहा करके वापस भारत भेजा जाए

डॉ जयशंकर ने कहा कि जाधव निर्दोष हैं और उन पर लगाये आरोपों और बिना कानूनी सहायता उपलब्ध कराये उनसे लिए गए जबरन कबूलनामे से असलियत नहीं बदल जायेगी विदेशमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राजनयिक संबंधों के बारे में वियना संधि के सम्बद्ध प्रावधानों का उल्लंघन किया है उन्होंने कहा कि न्यायालय ने यह घोषणा भी की है कि पाकिस्तान बिना देरी किए जाधव को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे और उन्हें भारतीय दूतावास से सम्पर्क करने दे उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने भीड हिंसा की घटनाओं को रोकने में कथित रूप से विफल रहे कुछ राज्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई के लिये दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इन्कार कर दिया प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता नहीं है पीठ ने वकील को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी कि शीर्ष अदालत के फैसलों पर कई राज्य सरकारों ने अमल नहीं किया है और ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं

शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश एफ एम आई कलीफूल्ला के नेतृत्व वाली मध्यस्थता समिति ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ के समक्ष गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी

कमलनाथ कृषि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय कृषकों की आय बढ़ाने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके उत्पाद के निर्यात के लिए नॉन टेरिफ बेरियर्स हटाने पर केन्द्र सरकार से विशेष प्रयास करने को कहा है श्री नाथ आज भोपाल से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए नीति आयोग की कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार समिति की बैठक में बोल रहे थे बैठक में कोन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के बाहर के देशों विशेषकर यूरोप और अमेरिका में कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात में जो अड़चनें हैं उन्हें दूर करने की बड़ी जरूरत है इससे हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं

उन्होंने कहा कि वे मध्यप्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं श्री कमलनाथ ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण लोक सेवा प्रबंधन जनसंपर्क और विज्ञान प्रौद्योगिकी आदि विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर हुयी चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली स्टोरेज के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं इसके मद्देनजर सरकार ने वैश्विक विज्ञापन दिए और चीन की एक कंपनी ने कुछ ही दिनों में क्षेत्र में कार्य करने को लेकर रूचि दिखायी है श्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने इस कंपनी के प्रतिनिधियों को तत्काल इस राज्य में आमंत्रित किया और यदि यह कंपनी बिजली स्टोरेज की दिशा में कार्य करती है तो हम देश में इस क्षेत्र में लीड करेंगे

श्री सिंह ने भारतीय जनता पार्टी विधायक भूपेन्द्र सिंह के एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी

सुनवाई में आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन सदस्य मनोहर ममतानी और सरबजीत सिंह सहित आयोग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इस सीधी सुनवाई में जिले का कोई भी व्यक्ति या समूह अपना नया आवेदन भी दे सकेंगे

इसरो ने एक सप्ताह के अंदर सभी तकनीकी खामियों को सुधार दिया है मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून की दिशा बदल जाने से वर्षा का दौर कमजोर हो गया है बारिश न होने से राज्यभर के तापमान में बढ़त महसूस की जा रही है